आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज दो अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि यह बडी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जडी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से संबंधित समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से स्वास्थ्य और आरोग्य से जुडे पर्यटन को बढावा मिलेगा

धर्मशाला में हए कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक विशाल नेहरिया ने की उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हज़ारों वर्षों से मानवता की सुरक्षा करती आ रही है लाहौल स्पीति ज़िले के केलंग में इस अवसर पर निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर आयोजित किया गया उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि कोरोना के दौरान आयुर्वेद का काढ़ा व अन्य दवाईयां इम्युनिटी को सुदृढ़ करने में कारगर साबित हुई हैं हमीरपुर में हुए कार्यक्रम में एडीएम जितेन्द्र सांजटा ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ आयुर्वेद विभाग भी सराहनीय काम कर रहा है उधर सोलन में आयुर्वेद दिवस के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ट्टीकंडी में बालिका आश्रम का दौरा किया और बच्चों को मिठाईयां बांटीं मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशवासियों से स्थानीय उत्पादों के उपयोग के आहवान को आश्रम के बच्चों ने मोमबत्तियां बनाकर सार्थक किया है इस अवसर पर आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां भी भेंट की शुभकामनाएं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि प्रकाश का ये पर्व खुशी व प्रसन्नता तथा बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने आशा जताई है कि दीपावली का ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में उम्मीद जताई है कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत् सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पारम्परिक रूप से सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया है इस बीच स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सही समय पर निर्णय लिए जिससे कोरोना की रोकथाम में मदद मिली है धनतेरस देश सहित प्रदेशभर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि की पूजा अर्चना की जाती है मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरि एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से निकले थे धनतेरस के शुभ अवसर पर धनवंतरि के साथ भगवान गणेश माता लक्ष्मी और कुंबेर जी की आराधना भी की जाती है